श्री कुमार आज बीकानेर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे

इस सूची को लेकर कल रात कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है इससे पहले कल दिनभर और आज सुबह प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन कुमारी शेलजा समेत अन्य नेता पैनल को लेकर बैठक करते रहे श्री गहलोत ने आज नई दिल्ली में बताया कि कांग्रेस की सूची में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी दुसरी ओर भाजपा की पहली सुची आने के बाद विरोध के स्वर भी तेज हो गये हैं हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बडे पदाधिकारी नाराज नेताओं को मनाने के प्रयास में जुटे हैं

बीकानेर में आज रवीन्द्र रंगमंच से प्रभात फेरी निकाली गई जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा स्वीप प्रभारी अजीत सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रभात फेरी के माध्यम से बीकानेर की पहचान शत प्रतिशत मतदान का संदेश दिया गया नागौर जिले में स्वीप अभियान के तहत डेगाना तहसील के जाखेड़ा गांव में छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली इस दौरान गांव के लोगों को वोट डालने का संदेश दिया गया पाली जिला मुख्यालय पर आज स्वीप कार्यक्रम के तहत लोक संगीत और लोक नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई

उधर प्रतापगढ में चुनाव पर्यवेक्षक व्यय आलोक सिंघाई ने मीडिया प्रकोष्ठ में पेड न्यूज और विज्ञापन प्रसारण की निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए

श्री पिलानिया ने कहा कि वे हमेशा से तीसरे मोर्च के हिमायती रहे हैं दूसरी ओर हनुमानगढ के संगरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके गुरदीप सापिनी ने आज जयपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली

अन्य दिव्यांगों की सुविधा के लिए भी प्रदेश के मतदान केन्द्रों पर कई व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं

केन्द्रीय मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा और अन्य नेताओं तथा हजारों लोगों ने अंत्येष्टि स्थल पर उन्हें अंतिम विदाई दी इससे पहले दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कोन्द्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई मंत्रिमंडल ने उनके निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया एक प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि देश ने एक अनुभवी नेता खो दिया है उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया

इंगरपुर में आज शाम को सूर्यास्त के समय शहर में स्थित गेपसागर की पाल पर सूर्य को तर्पण दिया गया वहीं कल सुबह सूर्यादय से पहले सूर्य भगवान को जल का अर्पण किया जाएगा बांसवाड़ा में ठिकरिया तालाब सहित जिलेभर के घाटों पर लोगों ने सूर्य उपासना की

मुख्य वन संरक्षक राहल भटनागर ने बताया कि इसमें चयनित सौ प्रतिभागी हिस्सा लेंगे उन्होंने बताया कि ईको टूरिज्म को बढावा देने और प्रकृति संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को आजीविका और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उददेश्य हैं उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है

झालावाड़ जिले के सुनेल में कुए की मोटर चालू करते समय युवक की करंट लगने से मौत हो गई

बांसवाड़ा जिले की पाटन थाना पुलिस ने एक युवती से दृष्कर्म का मामला दर्ज किया है

इस वर्ष चंद्रभागा मेला ग्रीन मेला होगा मेले के दौरान प्लास्टिक के पत्तल दोनों गिलास के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा